यात्रा का उददेश्य देश और प्रदेश में स्टार्ट अप योजना व मुख्यमंत्री स्टार्ट अप योजना के तहत हासिल प्रगति को प्रदर्शित करना है

सम्मेलन भारत सरकार का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आज धर्मशाला में केंद्रीय और राज्यस्तरीय सांख्यिकी संगठनों का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगा ये सम्मेलन हिमाचल सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यकम कार्यान्वयन राज्य मंत्री विजय गोयल सम्मेलन का उदघाटन करेंगे जबकि खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर बतौर विशेष अतिथि मौजूद रहेंगे

इसी कड़ी में एसजेवीएनएल द्वारा आज राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन शिमला स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय परिसर में किया जाएगा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर बतौर मुख्यातिथि शामिल होंगे इसके अलावा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज व ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा भी मौजूद रहेंगे मौसम राज्य के पर्वतीय इलाकों में बीती रात बर्फबारी और मैदानी व मध्यवर्ती क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश तथा ओलावृष्टि हुई जिससे ठंड का असर बढ़ गया है पर्यटन नगरी मनाली में देर शाम इस सीजन का पहला हिमपात हुआ है जिसका वहां घूमने आए पर्यटकों ने भरपूर आनंद उठाया हमारे कुल्लू प्रतिनिधि ने बताया कि जलोड़ी जोत में बर्फबारी के कारण बंजार आनी मार्ग अवरूद्व हो गया है जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति और किन्नौर सहित चंबा व शिमला की उंची चोटियों पर मी बर्फबारी हुई है इधर राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आज दिन की शुरूआत खिली धूप से हुई है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है मनाली में सीजन का पहला हिमपात पंजाब केसरी लिखता है हिमाचल में हिमस्खलन की चेतावनी समय से पहले बर्फबारी ने तोड़ी किसानों व बागवानों की कमर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं रिमझिम से भीगा आधा हिमाचल डलहौजी में सबसे ज्यादा बरसे बादल आपका फैसला का शीर्षक है रोहतांग कोकसर में ताजा बर्फबारी प्रदेश भर में कंपकंपी छात्रवृति घोटाले पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है शिक्षा विभाग ने घोटाले का रिकॉर्ड सीबीआई को सौंपा जांच शुरू दर्ज होगी एफआईआर वहीं हिमाचल दस्तक ने लिखा है वजीफा फर्जीबाड़े पर सचिवालय में दिनमर सीबीआई रेड का हल्ला दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक हिमाचल में करोड़ों के छात्रवृति घोटाले की जांच तेज सालाना डेढ़ लाख आय वाले परिवारों के विद्यार्थी भी छात्रवृति के लिए पात्र शीर्षक से अमर उजाला लिखता है केंद्र ने ओबीसी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना की बढ़ाई आय सीमा दैनिक जागरण ने खबर दी है सुजानपुर में प्रदेश का पहला महिला व्यापार मंडल गठित लता ठाकुर को चुना प्रधान

इसी समाचार पत्र के अनुसार चंबा मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसीपल को झटका वितीय अनियमितताओं मर्ती में धांधली का है आरोप

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय सावधानी में बचाव में प्रदेश में मधुमेह रोगियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए इससे बचाव के लिए खानपान की आदतें बदलने और नियमित व्यायाम करने की सलाह दी है